चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल जबलपुर के सिहोरा शहडोल के लालपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया सिहोरा में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को न्याय देगी

वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल छतरपुर में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती के लिये राजनीतिक स्थिरता के लिये भाजपा की सरकार बननी चाहिये लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है उधर चौथे चरण में विभिन्न पार्टियों के नेता देशभर में चुनाव सभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनाव प्रचार किया

राहल नोटिस उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को राफेल मामले में उनकी टिप्पणी पर अवमानना का नोटिस जारी किया है इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया

न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने मीनाक्षी लेखी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी प्रज्ञा टिप्पणी भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है

इस मामले में फरियादी पुष्पेंद्र राणा ने शिकायत दर्ज कराई

नरसिंह प्राथमिकी जाने माने कुश्ती खिलाड़ी और मुम्बई के सहायक पुलिस आयुक्त नरसिंह यादव को कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में ड्यूटी के दौरान चुनाव प्रचार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा भेजी रिपोर्ट के आधार पर श्री यादव के खिलाफ अम्बोली थाने में जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है

मुंबई पुलिस के सषस्त्र विभाग में तैनात रहे श्री यादव पर रविवार को कथिततौर पर उत्तर पष्विम मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरूपम के चुनाव प्रचार करने का आरोप है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हरा दिया

आज रात आठ बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबला रात आठ बजे से षुरू होगा

चारों आरोपियों को रिमाण्ड न्यायालय देवरी में पेश कर उप जेल रहली भेज दिया गया है मौसम प्रदेश के अधिकांष हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है

जिले में लू के हालात बन गए हैं मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार प्रदेश में अनेक स्थानों पर झुलसाने वाली गर्म हवाएं चल रही है